कल शाम कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को वर्च्अल रूप से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के सुधारों के फलस्वरूप कारोबार करने को आसान बनाने के मामले में देश की रैंकिंग बढ़ी है प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक नियमों में छूट देने कर प्रणाली को आसान बनाने और अन्य महत्वपूर्ण बदलावों के जरिए कई सुधार किए गए हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत में सबके लिए अवसर मौजूद हैं एसएमसी शिक्षक प्रदेश में एसएमसी के तहत नियुक्त शिक्षकों को उच्चतम न्यायालय ने राहत देते हुए उनकी मर्ती को निरस्त करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है अदालत ने राज्य सरकार व पीरियड आधार पर एस एम सी शिक्षक एसोसिएशन द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष याचिका पर सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है

उल्लेखनीय है कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने इन शिक्षकों की नियुक्तियों को खारिज करने संबंधी फैसला सुनाया था करीब दो हजार से अधिक एस एमसी शिक्षक प्रदेश के दुर्गम व दूरदराज इलाकों में अपने सेवाएं दे रहे हैं

भूकंप से किसी जान माल के नुकसान का फिलहाल कोई समाचार नहीं है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएमसी शिक्षकों के मामले की सुनवाई से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है एसएमसी शिक्षक भर्ती निरस्त करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को जारी किया नोटिस पंजाब केसरी के शब्द हैं एसएमसी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक दिव्य हिमाचल लिखता है उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक फिलहाल नहीं निकाल पाएंगे बाहर दैनिक जागरण का शीर्षक है एसएमसी शिक्षकों को हटाने के फैसले पर रोक

आपका फैसला के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक अटल टनल रोहतांग से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है सेना की हरी झंडी अब प्रदेश पुलिस ही संभालेगी अटल टनल की सुरक्षा जबकि दैनिक जागरण के शब्द हैं पुलिस करेगी सुरक्षा बीआरओ निगरानी